छह हजार किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का होगा उन्नयन

राज्य सरकार ने शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में किया बदलाव

मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों में अच्छी बारिश की जतायी संभावना केंद्र सरकार ने बिहार के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है इसके तहत छह हजार एक सौ बासठ किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का उन्नयन किया जायेगा ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसके लिये केंद्र सरकार द्वारा दिशा निर्देश भी भेजा गया है इसमें हरेक प्रखंड में लगभग साढ़े सात किलोमीटर सड़कों के उन्नयन की बात कही गयी है साथ ही उन सड़कों का पहले उन्नयन होगा जो राष्ट्रीय उच्च पथ और मुख्य सड़क को जोड़ती हैं वैसी सड़कों को भी प्राथमिकता के आधार पर अपग्रेड किया जायेगा जिनके पास विद्यालय अस्पताल या बड़े बाजार हैं

राज्य सरकार ने बाढ़ से हुये नुकसान की भरपाई के लिये केंद्र सरकार से सत्ताईस सौ करोड़ रूपये की मांग की है इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से गृह मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा गया है विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि इसमें सबसे अधिक राशि एक हजार पांच सौ पचपन करोड़ रूपये आपदा पीड़ितों के खाते में छह छह हजार रूपये दिये जाने से संबंधित है शेष राशि कृषि पथ निर्माण ग्रामीण कार्य और जल संसाधन विभाग की ओर से नुकसान मद में मांग की गयी है राज्य सरकार ने शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में बदलाव किया है अब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन अलग अलग होगा साथ ही इंजीनियरिंग बीसीए बायोटेक और इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी और बीकॉम की डिग्री वाले अभ्यर्थी भी मिडिल स्कूल में शिक्षक बन सकेंगे शास्त्री योग्यताधारी संस्कृत शिक्षक और आलीम की डिग्री रखने वाले उर्दू शिक्षक बनेंगे सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है वहीं प्रदेश के प्रारंभिक विद्यालयों में होने वाले शिक्षक नियोजन के कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है अब अठारह सितंबर से आवेदन लिये जायेंगे और अगले वर्ष सोलह जनवरी से अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियोजन पत्र बांटे जायेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुयी है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि श्री जेटली की स्थिति कल अचानक खराब हो गयी छियासठ वर्षीय श्री जेटली को सांस लेने में दिक्कत और बेचैनी की शिकायत के बाद नौ अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से कल सवेरे ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बात का यह तीसरा संस्करण होगा मन की बात का आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और द्रदर्शन पर प्रसारण होगा साथ ही ये कार्यक्रम आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आई एन पर भी उपलब्ध रहेगा इसे प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऑल इंडिया रेडियो तथा डी डी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों से सीधा प्रसारित किया जायेगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों मे रूक रूक कर बारिश हो रही है मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है जिस कारण अगले अड़तालीस घंटों के दौरान कई जगहों पर अच्छी बारिश की संभावना बनी हुयी है विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है वहीं दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है इधर गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी जारी है भागलपुर से लेकर पटना तक नदी उफान पर है कल गंगा की तेज धार में कटिहार जिले के अमदाबाद थाना क्षेत्र स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बबुलबन्ना का आधा भाग विलीन हो गया मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को दिल्ली से पटना लाने के लिये बिहार पुलिस की एक विशेष टीम दिल्ली पहुंच गयी है पटना के ग्रामीण एसपी कांतेश मिश्र ने बताया कि विधायक को लाये जाने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में पेश किया जायेगा कल दिल्ली के साकेत स्थित अदालत में आत्मसमर्पण के बाद अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था विधायक ने अदालत में बिहार पुलिस से खतरे की आशंका जतायी थी जिसके बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस को उन्हें बाढ़ की अदालत तक पहुंचाने का निर्देश दिया है भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आर के मिश्र को होमगार्ड और अग्निशमन सेवाओं का डीजी बनाया गया है गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पेंशन पाने के लिये प्रदेश के बावन लाख से अधिक किसानों ने आवेदन किया है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने ये जानकारी दी प्रदेश के सभी अठारह राष्ट्रीयकृत बैंक अभियान चलाकर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देंगे एसबीआई के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार गुप्ता ने ये जानकारी दी पटना उच्च न्यायालय ने आदेश की अवमानना के आरोप में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव मधुबनी के जिलाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा जयनगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी के वेतन पर रोक लगा दी है राष्ट्रीय पोषण अभियान में पटना जिले को देश भर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जिला पदाधिकारी कुमार रवि को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया अमेरिका के टेक्सास में रहने वाली काजल कर्ण ने पहली बार श्रीमद भगवद गीता का मैथिली अनुवाद किया है पुस्तक का प्रकाशन ब्रोसिस इंडिया ने किया है चार वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिये प्रवेश परीक्षा का आयोजन पंद्रह सितंबर को होगा इसके लिये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया छब्बीस जुलाई से शुरू हो रही है विशेष जानकारी नालंदा खुला विश्वविद्यालय की बेवसाईट पर उपलब्ध है बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड फोकानिया और मौलवी परीक्षा के लिये छब्बीस अगस्त से ऑनलाईन आवेदन होगा सारण जिले के मढ़ौरा में एक दारोगा और कांस्टेबल की हयी हत्या के मामले में जिला परिषद अध्यक्ष मीना अरूण समेत सात अन्य आरोपितों के घर इश्तेहार चिपका दिया गया है बक्सर जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ठठेरी बाजार मोड़ के पास अपराधियों ने एक आभूषण दुकान से एक किलो सोना लूट लिया इस संबंध में दुकानदार की ओर से तीन लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है पूर्वी चंपारण जिले के सलेमपुर बाजार के पास पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से तीन अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया औरंगाबाद जिले के हसपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ईटवां गांव के पास से पुलिस ने एक ट्रक से एक हजार एक सौ इकतीस कार्टन शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है अररिया जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी अजय बहरदार को दस साल कारावास और पचास हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार के लिये उठाये गये कदमों और मोकामा के विधायक अनंत सिंह के आत्मसमर्पण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है वित्त मंत्री का ऐलान निवेशकों को सरचार्ज से छूट मिलेगी वाहन और मकान कर्ज सस्ते होंगे प्रभात खबर ने लिखा है कार से कारोबार तक बड़ी राहत बैंकों को सत्तर हजार करोड़ रूपये देगी सरकार दैनिक भास्कर की सुर्खी है बिहार में छापे मारती रही पुलिस अनंत का दिल्ली कोर्ट में सरेंडर तिहाड़ गये दैनिक जागरण की सुर्खी है एक लाख प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के शिड्यूल में बदलाव राष्ट्रीय सहारा लिखता है ईडी मामले में चिदम्बरम को अंतरिम संरक्षण आज सहित सभी अखबारों ने कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है

छह हजार किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का होगा उन्नयन

राज्य सरकार ने शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में किया बदलाव

मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों में अच्छी बारिश की जतायी संभावना